सबसे अधिक संक्रमण के मामले पटना जिले में दर्ज किये गये

बंगाल पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें कोविड मरीजों की संख्या में तेज बढ़ोतरी से निपटने के लिए देश भर में कल से टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है इसके तहत चौदह अप्रैल तक लोगों को टीका लगाने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा

इसकी गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम का आह्वान किया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे बड़ी तादाद में आगे आकर कोविड टीकाकारण के लिए पंजीकरण करवाने में वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों की मदद करें जो टीके के लिए योग्य घोषित किए गए हैं

जीरो वेस्टेज तय करें हम तीन चार दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज हो यो भी हमारी वैक्सीनेशन की कैपेसिटी को बढ़ा देगा योग्य घोषित किए गए लोग को विन पोर्टल और आरोग्य सेत् ऐप की सहायता से भी टीकाकरण के लिए पंजीकरण करा सकते हैं इसके अलावा वे टीकाकरण केन्द्रों पर भी जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को रोकने के लिए लोगों से अपील है कि वे टीकाकरण के लिए आगे आएं और बेहिचक टीका लगवाएं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड महामारी की रोकथाम के लिए लोगों से टीके लगवाने की अपील की है

देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के एक लाख पैंतालीस हजार से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में इस महामारी से एक दिन में अब तक का यह सर्वाधिक आंकड़ा है वहीं इस दौरान सतहत्तर हजार से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हुए वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की संख्या दस लाख छियालीस हजार हैं कोरोना संक्रमण को देखते हुये इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में बारह अप्रैल से ऑफलाईन निबंधन बंद हो जायेगा मरीजों को अब ओपीडी में दिखाने को लिए ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कराना होगा लोग डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट आईजीआईएमएस डॉट ओआरजी पर निबंधन करा सकते हैं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि ओपीडी में मरीज के साथ एक परिजन को प्रवेश की अनुमति होगी वहीं पटना के अगमकुंआ स्थित आरएमआरआई में ओपीडी सेवा अठारह अप्रैल तक बंद रहेगी संस्थान के निदेशक डॉक्टर कृष्णा पांडेय ने बताया कि तीन कर्मियों के कोविड पॉजिटिव पाये जाने के बाद यह फैसला लिया गया है राज्य सरकार ने कोविड की रोकथाम के लिए नये दिशा निर्देशों की घोषणा की है राज्य में अब स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान अठारह अप्रैल तक बंद रहेंगे हालांकि इस अवधि में पहले से निर्धारित परीक्षाएं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जायेंगी तीस अप्रैल तक दुकानों को शाम सात बजे तक ही खुला रखने की अनुमति दी गयी है इस दौरान सभी धार्मिक स्थलों पर आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा वहीं सरकारी और निजी कार्यालय तैंतीस प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ ही संचालित होंगे हालांकि अनिवार्य सेवाओं से जुड़े कार्यालय प्ररी क्षमता के साथ चलेंगे कार्यालयों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के सरकारी और निजी आयोजनों पर रोक लगा दी है अंतिम संस्कार के लिए पचास तथा श्राद्ध और शादी विवाह में दो सौ व्यक्तियों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में निर्धारित क्षमता के पचास प्रतिशत लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति दी गई है वहीं रेस्तरां भोजनालय और होटल अपनी क्षमता के केवल पच्चीस प्रतिशत ग्राहकों को ही सेवा देंगे इसी तरह सिनेमा हॉल भी पचास प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित किये जायेंगे पार्क और उद्यानों में प्रवेश के लिए मास्क का उपयोग और कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और लोगों को कम से कम घर से बाहर निकलने की सलाह दी है

इस संबंध में राज्यपाल उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और संसदीय कार्य मंत्री विजय क्मार चौधरी के बीच आज राजभवन में हई बैठक में निर्णय किया गया स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर से निबटने के लिए राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है कोरोना के खिलाफ इस जंग में संक्रमण की रोकथाम कोरोना मरीजों का बेहतर इलाज और टीकाकरण तीनों मोर्चों पर सरकार मजबूती के साथ खड़ी है श्री पांडेय ने आज पटना में कहा कि कोरोना से जनता की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से निबटने के लिए अस्सी करोड़ राशि की स्वीकृति प्रदान की है श्री पांडेय ने आम लोगों से अपील की है कि पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के लोग निःसंकोच टीका लगवाएं किशनगंज के थाना प्रभारी अश्विनी क्मार की हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है उल्लेखनीय है कि कल मोटरसाईकिल लूट की घटना को लेकर सीमावर्ती पश्चिम बंगाल के पनतापाड़ा में छापेमारी करने गये किशनगंज के नगर थाना प्रभारी की वहां मौजूद ग्रामीणों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुये कहा है कि अन्य अपराधियों की तलाश की जा रही है श्री सिंघल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मृतक थाना प्रभारी के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर तत्काल नियुक्ति का निर्देश जारी किया गया है वहीं उनके परिजनों को अनुग्रह अनुदान की राशि भी दी जायेगी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किशनगंज नगर थाना अध्यक्ष की पीट पीटकर हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को पत्र लिखा है पार्टी अध्यक्ष ने बताया कि राज्यपाल से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है चक्रवाती हवा के प्रभाव से राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकांश भागों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है पटना मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान मौसम की वर्तमान स्थिति बनी रहेगी

राज्य सरकार पन्द्रह अप्रैल से पन्द्रह मई तक दाल की खरीद करेगी इसके तहत एक दमशलव चार तीन लाख क्विंटल चना दाल और तीन दशमलव दो पांच लाख क्विंटल मसूर दाल की खरीद की जायेगी दोनों दालों का समर्थन मूल्य पांच हजार एक सौ रूपये क्विंटल तय किया गया है दरभंगा हवाई अड्डे के विकास और विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की बैठक के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि हवाई अड्डे के विस्तार के लिए चौवन एकड़ भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया गया है भोजपुर जिले के गड़हनी थाना क्षेत्र के खरईचा गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रैक्टर के पलट जाने से दो लोगों की मौत हो गयी घटना से आक्रोशित लोगों ने आरा अरवल मुख्य मार्ग पवना के पास जाम कर हंगामा किया घटना स्थल पर जाम हटाने गयी पुलिस टीम के साथ प्रदर्शनकारियों की हिंसक झड़प हो गयी झड़प के दौरान आक्रोशित लोगों ने अंचलाधिकारी के वाहन में आग लगा दी इस घटना में दो पुलिस कर्मी घायल हो गये पश्चिम चम्पारण के बगहा पुलिस अधीक्षक किरण कुमार जाधव ने वाहन जांच के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप में नौरंगिया थाना के एएसआई वर्मा कुमार को निलंबित कर दिया है वहीं जिले के बगहा नगर थाना में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक अमरजीत कुमार को भी कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है इधर समस्तीपुर के प्रभारी पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद ने लूट के मामले को चोरी का मामला बताकर प्राथमिकी दर्ज करने वाले कल्याणपुर के थानाध्यक्ष ब्रजकिशोर सिंह को निलंबित कर दिया है नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के मेयार गांव स्थित एक पाइप फैक्ट्री में करंट लगने से एक कर्मी की मौत हो गई कटिहार जिले के सालमारी थाना क्षेत्र में व्यवसायी और राजद नेता निर्मल बुबना की हत्या मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है

सबसे अधिक संक्रमण के मामले पटना जिले में एक हजार चार सौ इकतीस दर्ज किये गये

बंगाल पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया